प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा यह कोई छोटी उपलब्धी नहीं है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी डी कल्ला ने कहा है कि पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और अधिकारी इस पर गम्भीरता से कार्य करें चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने कहा आशा सहयोगिनियों के सहयोग से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई

बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन नियंत्रण केन्द्र ने बताया है कि लैंडर के चन्द्रमा की सतह पर उतरने की निर्धारित प्रक्रिया दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी रह जाने तक सामान्य थी

अंतिम चरण में लैंडर का चन्द्रमा की सतह पर उतरना एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसमें मानव नियंत्रण संभव नहीं है अंतिम चरण में लैंडर से सिग्नल नही मिलने से वैज्ञानिक संपर्क ट्रटने के कारणों का पता लगा रहे हैं

देश को इसरो पर गर्व है प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यहां तक पहुंचना कम उपलब्धि नहीं है उन्होंने वैज्ञानिकों से साहस और हौंसले से आगे बढ़ते रहने को कहा

निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ना हमारा उद्देश्य भी है और हेमारी परम्परा भी है

गृहमंत्री अभित शाह ने कहा है कि देश इसरो के प्रतिबद्ध और परिश्रमी वैज्ञानिकों के साथ है उन्होंने कहा कि इसरो की उपलब्धियों पर प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित है केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर टिविट कर कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले भी अदभुत उपलब्धियां हांसिल की है और आगे भी बहुत उपलब्धियां हांसिल करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वैज्ञानिकों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस संगठन ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो उपलब्धि हांसिल की है उससे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है

तीन दिन की इस बैठक में संयुक्त कार्य समूहों के बीच बुनियादी संरचना ऊर्जा उच्च तकनीकी संरक्षण के संसाधन और समन्वय नीति पर चर्चा की जाएगी भारत की ओर से नीति आयोग के उपाध्यक्ष और चीन की ओर से राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के अध्यक्ष वार्ता का नेतृत्व करेंगे

श्री कल्ला कल जोधप्र में पीएचईडी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारी मौके पर जाएं और समस्याओं का समाधान करें श्री कल्ला ने जोधपूर शहर को वर्तमान में मिल रहे पानी और उसकी आवश्यकता की भी जानकारी ली

बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड़डा कल प्रष्कर पहुंचे

इसके लिए सहकारी बैंक तरलता समाधान योजना को लागू किया गया है सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि इस योजना के जारी होने से अब केन्द्रीय सहकारी बैंक जहां एक ओर डिफाल्टर होने से बचेंगे वहीं दूसरी ओर किसानों को मिलने वाले ऋण की सुविधाओं में भी विस्तार होगा

डॉ शर्मा कल जयपूर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित आशा सहयोगिनियों की ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर की प्रथम त्रैमासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग और आशाओं के सहयोग से पिछले सालों में मातू और शिशु मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा आशाओं का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया

इन कार्यक्रमों की तैयारी के सिलसिले में कल जिला कलेक्ट्रेट में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई

चूरू के बिदासर कस्बे में जन्मे श्री शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चूरू कानपुर और बीकानेर में सेनानी के रूप में सक्रिय योगदान दिया था

दवाईयों का बाजार मूल्य लगभग सात लाख रूपए है पुलिस ने दवाईयों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है

माली राम ने यह राशि उस मामले के लिए मांगी थी जिसमें पहले से ही दो पक्षों में आपस में समझौता हो चुका था

ये प्रतियोगिताएं गंगापुरसिटी बौंली बामनवास और कृश्तला स्थानों पर आयोजित होगी

तृतीय श्रेणी के तबादलों पर हालांकि रोक रहेगी शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि स्थानान्तरण आवेदन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक व्याख्याता द्वितीय श्रेणी अध्यापक अपने स्थानान्तरण आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन भेज सकते हैं उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे